उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को विनिर्माण केन्द्र में बदलना है कल शाम भारत अमरीका कार्यनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी न कहा कि भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोविड संकट ने मानव केन्द्रित विकास की आवश्यकता सामने रखी है उन्होंने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रंखला विकसित करने का निर्णय न केवल लागत पर बल्कि भरोसे पर आधारित होना चाहिये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विविध अवसर उपलब्ध हैं

उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को कल कानपुर जाकर मौके पर जिले की चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ और कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये कमियों को चिन्हित करते हुए उनका निराकरण कराया जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागारों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये सभी जरूरी कदम उठाते हुए जेल कर्मियों की भी नियमित जांच की जाये उन्होंने कहा कि कैदियों को जेल भेजने से पहले अस्थाई जेल में रखा जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीएसटी के तहत बेहतर राजस्व संग्रह हुआ है उन्होंने जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिये रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर जोर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यिनाथ ने राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने पर अयोध्या के लोगों को बधाई दी है

मुख्यमंत्री ने कल जनप्रतिनिधियों और अयोध्या संभाग के वरिष्ठ अधिकारिया के साथ बैठक की और अयोध्या को एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार विमर्श किया एक रिपोर्ट अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कल दोपहर बाद राम मंदिर का स्वीकृत ले आउट और नक्शा श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकायों को सौंप दिया जिसके बाद आधिकारिक तौर पर मंदिर के निमार्ण कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है मुख्मयमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद अयोध्या मंडल के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अयोध्या के विकास और उसे एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने को लेकर चर्चा की उन्होंने कहा कि अयोध्या बड़ी तेजी से धार्मिक पर्यटन के केन्द्र के तौर पर उभर रहा है और राम मंदिर से यहां पर पर्यटन की नयी संभावनाएं विकसित होंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही देश विदेश से भक्त और पर्यटक अयोध्या आने लगेंगे लिहाजा यहां पर अच्छे गाइडों की जरूरत होगी उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पेशेवर लोगों की मदद से अयोध्या की ब्रांडिंग भी की जायेगी बैठक के दौरान रामायण सर्किट के तहत अयोध्या से सीतामढ़ी और अयोध्या से चित्रकूट के काम को भी तेजी से पूरा किये जाने का फैसला किया गया सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि गांधी जी के अर्थ दर्शन के अनुसार हमें चुनौतियों को अवसर में विकसित करना है

राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन से रिक्त हुई प्रदेश की राज्यसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सैय्यद जफर इस्लाम को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है निर्वाचन अधिकारी ब्रज भूषण दुबे ने बताया कि इस सीट पर तीन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था जिसमें भाजपा की ओर से सैय्यद जफर इस्लाम और गोविन्द नारायण श्रक्ला तथा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महेश शर्मा शामिल थे उन्होंने बताया कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन आज गोविन्द नारायण शुक्ला ने अपना नाम वापस ले लिया जबकि निर्दलीय प्रत्याशी महेश शर्मा का नामांकन पत्र कोई प्रस्तावक न होने के कारण खारिज कर दिया गया था इसके बाद राज्यसभा निर्वाचन के लिये सैय्यद जफर इस्लाम को एकमात्र प्रत्याशी होने के कारण निर्विरोध रूप से निवाचित घोषित कर दिया गया

प्रदेश की जेलों में कैदियों और जेल रक्षकों को काविड संक्रमण से बचाव के लिये विशेष सतर्कता बरती जा रही हैं

इम्यूनिटी ब्रस्टिंग के लिये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये इम्यूनिटी ब्रस्टिंग बूथ का समावेश बंदियों के डाइट में किया गया है जो आयुष मंत्रालय की गाइड लाइन में निहित है और साथ ही साथ हम लोग योगा प्रणायाम भी करा रहे है बंदियों को

यहां पे जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है पुलिस द्वारा वह पहले अम्परेरी जेल में लाया जाता है जब बंदी आता है टम्परेरी जेल में तो उसका टेस्ट कराया जाता है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सामूहिक द्ष्कर्म क मामले में जेल में बंद प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर जमानत की याचिका दायर की थी न्यायालय ने पूर्व खनन मंत्री को दो दो लाख रूपये के दो जमानती और पांच लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है

समाप्त